आईसीएसई परीक्षा में जमशेदपुर की आद्रिका और आईएससी में आयुष और ऐश्वर्या स्टेट टॉपर बने कोविड के कारण बोर्ड ने इस बार नहीं जारी की मेरिट लिस्ट केन्द्र सरकार ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद के लिए असीम पोर्टल शुरू किया

प्रदेश का रिकवरी रेट घटकर तिरसठ दशमलव एक छह हो गया है इधर लातेहार जिले में कल कोरोना का दो पॉजिटिव मरीज मिले है सिविल सर्जन डॉ संतोष कुमार श्रीवास्तव और डीडीएम सह अस्पताल प्रबंधक वेद प्रकाश ने बताया कि कल मिले दोनों मरीजों में एक जिला पुलिस अधिकारी है जबकि एक सैप का जवान है दोनों छट्टी से अपने घर से वापस लौटे थे

लॉकडाउन के दौरान राज्य में तय नियमों का पालन नहीं होने पर झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को सख्ती बरतने का निर्देश दिया है मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से कहा कि राज्य में इकतीस जुलाई तक लॉकडाउन जारी है सरकार ने एहतियात बरतने के साथ कुछ छूट दी है लेकिन लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए अदालत ने कहा कि सरकार और सभी अधिकारियों को इसके प्रति गंभीर होने की जरूरत है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

केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मत्स्य क्रायो बैंक स्थापित किये जायेंगे इससे मत्स्य पालन में लगे किसानों को हर समय मछलियों के वांछित श्रेणी के शक्राण उपलब्ध हो सकेगें मत्स्य पश्पालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कल राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस पर इसकी घोषणा की

ये वर्ष बहुत कठिन वर्ष रहा है इसलिए मेरिट लिस्ट की घोषणा नहीं करने की जानकारी दी गई है

इंटरनल परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिए गए थे काउंसिल ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी संतृष्ट नहीं है तो वह दोबारा परीक्षा दे सकता है जिसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सीआईएससीई ने आईसीएसई दसवी और आईसीएससी बारहवीं बोर्ड परीक्षा परिणाम कल घोषित कर दिया है दसवीं में जमशेदपुर की अद्रिका घोष निनानबे दशमलव चार शून्य प्रतिशत अंक के साथ राज्य में अव्वल रही है अद्निका सेक्रेड हार्ट स्कूल की छात्रा है बारहवीं के साइंस में जमशेदपुर की ऐश्वर्या सैम और आयुष स्टेट टॉपर रहे वहीं कॉमर्स में दिया चक्रवर्ती और आर्ट्स में आयशानी मिश्रा स्टेट टॉपर रही बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड का जाराडीह गांव आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की तस्वीर पेश कर रहा है इस गांव के हर घर में गौ पालन हो रहा है गौपालक ग्रामीण झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड मेधा को दूध बेच देते हैं

मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाता है

वनक्षेत्र में जलावन की लकडी का निजी उपयोग करने पर शल्क नहीं वसुला जाएगा इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अधिसूचित वनोपज नियमावली में जल्द ही संशोधन किया जाएगा यह जानकारी वन विभाग के प्रधान संचिव एपी सिंह ने कल प्रोजेक्ट भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी उन्होंने कहा कि वन पर्यावरण एवं जलवायू परिवर्तन विभाग की ओर से जून में ट्रांजिट रूल लाया गया था

जबकि दो घायल हो गई मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र के कोडीखुटोना गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र के मेंहदीपोखर गांव के तालाब से पुलिस ने लापता युवक का शव बरामद किया है

संक्षिप्त खबरें ग्रमला जिले में पुलिस ने आम जनता से समन्वय स्थापित कर अपराध पर लगाम कसने की र्तैयारी शुरू कर दी है

गुमला जिले के डुमरी प्रखंड स्थित लुचूतपाट जंगल में कल ग्रामीणों ने अवैध लकड़ी लदे एक ट्रक को जप्त कर वन विभाग को इसकी सूचना दी

अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां आज प्रकाशित होनेवाले लगभग सभी अखबारों ने कानपुर के बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी और गैंगस्टर विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराने की खबर और सीआईसीएसई बोर्ड के नतीजों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने यूपी गैंगस्टर विकास दुबे को मार गिराने की खबर को प्रमुखता से छापा है